राजस्थान से कोटा जिला परिषद चिड़ावा और कोटड़ा पंचायत समिति और त्योंदया भोजासर निढारिया कलां बर और चांनना ग्राम पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित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

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये स्वामित्व योजना का देशभर में श्भारम्भ किया

प्रधानमंत्री ने समारोह में कहा कि नये भारत के गांवों को मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार ग्राम पंचायतों को और अधिकार दे रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस समारोह में वीडियो कांफ्रेंस को जरिये शामिल हुए

ये पुरस्कार जिला कलक्टरों ने ग्राम पंचायतों को प्रदान किये पुरस्कार राशि बैंक खाते में ऑन लाईन ट्रांसफर की गई समारोह में झुंझुनू जिले के पुरस्कार प्राप्त पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी दी

प्रदेश की जल जीवन मिशन की वार्षिक कार्य योजना में ये लक्ष्य रखा गया है वार्षिक योजना को आज वीडियो काफ्रेंस के जरिये पेयजल और स्वच्छता पर गठित राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में पेश किया गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल कल पूरा हो गया समारोह में उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

चूरू जिले के रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया है

इस बीच भिवाड़ी से ऑक्सीजन का टैंकर आज झालावाड़ पहुंच गया है इससे जिले को आठ टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है झालावाड़ के अतिरिक्त जिला कलक्टर जुनेद खान ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है

बीकानेर मे ऑक्सीजन और बैडस की व्यवस्था निगरानी करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया है

खनन गतिविधया यथावत चलेंगी खान इकाइयों को फैक्ट्रियों की श्रेणी में शामिल करते हये रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है

बीकानेर जिले में वीकेण्ड कर्फ्यू और जन अनुशासन पखवाडे के तहत कृषि मण्डी में कोविड गाइड लाईन की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जा रही है

वहीं नगर परिषद की ओर से बाजारों में मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में लोगों को समझाया गया

विभिन्न जिलों में इस दौरान होने वाले विवाह समारोहों में कोविड गाइड लाइन की पालना करवाने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे